वाड्रा पर लंदन में अवैध सम्पति की खरीद में काले धन को सफेद करने का आरोप है

हिसार में चरणबद्व प्रंग से एकीकृत उड्यन हब विकसित किया जायेगा

श्री हडडा उस समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे प्रवर्तन निदेशालय ने रोबर्ट वाड्रा को कल प्रछताछ के लिये फिर से तलब किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की करीबी रिश्तेदार वाड्रा विदेशों में कथित तौर पर अवैध संपति खरीद से सम्बधित काले धन को सफेद करने के मामले में बुलाया गया है प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते इस मामले मे वाड्रा को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय से अन्रोध किया था

प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि उसे वाड्रा को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने की जरूरत है क्योंकि वे जाचं में पूरा सहयोग नहीं कर रहे है और निचली अदालत ने मामले की गहनता को नहीं समझा और वाड्रा को ज़मानत दे दी

एजेंसी ने न्यायालय को बताया कि उसे लंदन में विभिन्न संपतियों की जानकारी मिली है जो वाड्रा की है

वाड्रा ने अवैध संपित खरीदने के आरोपों से इन्कार किया है और पूरे मामले को राजनीति बदले की कारवाई बताया है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राज्य सरकार के प्रत्येक उपायुक्त को एक करोड़ रूपये तक का अनुदान देगी इसका प्रयोग केन्दीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुबंध के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को मजदूरी एवं मानदेय आदि के भुगतान की आकस्मिक आवश्यकता की प्रा करने के लिये किया जायेगा दिया विभागों को एक या अन्य कारणों से केन्द्र या राज्य सरकार से समय पर धन या अन्दान प्राप्त् नहीं होता तो फंड राज्य की आकस्मिक ध्नराशि जारी किया जायेगा हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि राज्य में नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन संस्थानों ने पंजीकरण नहीं करवाया है उनको सील किया जाएगा उन्होंने बताया कि सुरत जैसे किसी भी हादसे से बचने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को हिदायतें दी गई हैं

उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से इनकी सेवाएं समाप्त न करने के संबंध में अनुरोध किया गया है और तब तक इनकी सेवाएं जारी रहेंगी उन्होंने कहा कि इन चालकों को एक वर्ष के लिए रखा गया था और यह शर्त थी कि नियमित चालकों के आने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी

अब विभाग के पास फ्लीट के मुताबिक पर्याप्त कर्मचारी है

हिसार में चरणबद्व ांग से एकीकृत उड्डयन हब विकसित किया जायोगा हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित नागरिक उड्डयन विभाग की एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई

बैठक में बताया गया कि हरियाणा के हवाई अड़डो के प्रबंधन विस्तार और उडानों से सम्बंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए एक बहउददेश्यीय वाहन बनाया जाएगा जिसके तहत हरियाणा राज्य एवियशन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड का गठन किया जाएगा

इसके बारे में जानकारी देते हये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विज्ञान रतन प्रस्कार में चार लाख रूपये का नकद प्रस्कार प्रशस्ति पत्र और प्रदान की जायेगी जबकि हरियाणा य्वा विज्ञान रत्न प्रस्कार के ट्राफी तहत एक लाख रूपये की नकद राशि प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी दी जायेगी